प्रदेश विधानमंडल का छत्तीस घंटे का निरन्तर चलने वाला विशेष सत्र आहूत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को नए भारत का क्रान्तिकारी कदम बताया उन्होंने कहा ये योजना अगले पांच वर्ष में ग्यारह लाख नौकरियां कर सकती है सुजित केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा संसद में जल्द ही नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और विदेशी नागरिकों की पहचान के लिये अभियान चलाने का दिया निर्देश कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी डेढ़ सौंवी जयन्ती पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है देश और प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

बापू की डेढ़ सौंवी जयन्ती के अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म सभा आयोजित की जा रही है प्रार्थना सभा में उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी आज शाम अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाएंगे और प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल से आश्रम को मुक्त बनाने के लिए प्लॉगिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे बाद में प्रधानमंत्री श्री मोदी सादरमती नदी के किनारे पहंचेंगें जहां वे बीस हजार से अधिक ग्राम पंचायतों की मौजुदगी में राष्ट्र को खुले में शौच जाने से मुक्त घोषित करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी गांधी जी की पुस्तक माई लाइफ इज़ माई मैसेज का विमोचन करेंगे और महात्मा गांधी की डेढ़ सौंवी जयन्ती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के जारी करेंगे इससे पहले राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने एक संदेश में कहा कि महात्मा गांधी एक वैश्विक हस्ती थे जिन्हें समुचे विश्व में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है उन्होने सभी को साम्प्रदायिक एकता अस्पृश्यता उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रेरित किया श्री कोविन्द ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन भारत के लोगों की राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्वांजलि है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रव्यापी गांधी संकल्प यात्रा को झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे केन्द्रीय मंत्रियों सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के विभिन्न भागों से चार महीने तक चलने वाले इस अभियान की शुरूआत करेंगे श्री शाह यात्रा का शुभारम्म करने से पहले दिल्ली के शालीमार बाग में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे जिसका लक्ष्य राष्ट्रपिता के आदशों को प्रचारित करना है सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हे राम नाम की लघु श्रद्वांजलि फिल्म जारी की जिसमें दिखाया गया है कि गांधी जी में किस तरह दचपन से ही निडरता के गुण पनपे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ में इस अक्सर पर मोहन से महात्मा तक नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है प्रदेश के विभिन्न भागों में महात्मा गांधी के जीवन और मूल्यों पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है वाराणसी में बापू को जाने कार्यक्रम चल रहा है जिसमें एक सौ पचास स्कूल भाग ले रहे हैं इस अवसर पर लखनऊ में आज प्रदेश विधानमंडल का एक विशेष सत्र आहूत किया गया है

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्घारित किये गये सत्रह सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने पर विशेष परिचर्चा आयोजित की जायेगी

सत्र के दौरान सदस्य स्वतंत्र रूप से मानव कल्याण और गांधी जी के जीवन तथा दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करेंगे मंत्रयो और सदस्य को अलग अलग विंदुओं पर बोलने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है इस सत्र में उन सदस्यों को और भी लाम होगा जो कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं वह अपने क्षेत्र की समस्याओं और सतत विकास के लस्यों के बारे में सुझाव दे सकेंगे इस अवसर पर सदस्यों को गांधीजी के जीवन पर आधारित विविध साहित्य भी उपलब्ध कराया जाएगा

विभिन्न स्थानों पर लोग उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहे हैं शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यापण कर के लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आय्ष्मान भारत योजना को नये भारत का क्रांतिकारी कदम बताया है उन्होंने कहा कि देश का कोई भी नागरिक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए श्री मोदी ने आयुष्मान भारत के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन के कार्यक्रम में यह बात कही आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आय्मान भारत से देश भर के सभी मरीजों के लिए इलाज सुनिश्चित कराया जाता है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ रही है योजना के अंतर्गत पंजीकृत अट्ठारह हजार अस्पतालों में से दस हजार निजी अस्पताल हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं दी जा सकें उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार अगले पांच से सात वर्ष में इस योजना की मांग बढ़ने से ग्यारह लाख नये रोजगार सुजित होंगे

उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्टार्टअप बड़ी चुनौती का भी शुभारंभ किया उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समी हिंदू सिख ईसाई जैन और बौद्व शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कराया जाएगा उन्होंने कहा कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है कोलकाता में कल भाजपा की राज्य इकाई द्वारा आयोजित एक रैली में श्री शाह ने यह बात कही भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिन्दू सिख जैन बौद क्रिस्चन शरणार्थी आए हैं वो सभी के सभी को हमेशा के लिए भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है उन्होंने कहा कि लोग रक्तदान करके दूसरों की जीवन रक्षा में भरपूर योगदान कर सकते हैं श्रीमती पटेल कल लखनऊ में राजभवन में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर के आयोजन अवसर पर बोल रही थीं उन्होंने कहा कि हमें निःस्वार्थ भाव से बिना किसी प्रत्याशा के रक्तदान करना चाहिये प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने जिला पुलिस प्रमुखों को राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों सहित अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गये पत्र में अवगत कराया गया है कि राज्य में पिछले वर्षो में विभिन्न जनपदों में बाग्लादेशी मूल के नागरिकों के अवैध रूप से रहने और उनमें से कुछ के भूमिगत होने की जानकारी सामने आई है ऐसे में वर्तमान परिदृश्य और आतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये सभी जनपदों में अवैध रूप से रह रहे बाग्लादेशियों और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करने तथा उनका सत्यापन करने के लिये विधि समस्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उप चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब एक सौ पन्द्रह प्रत्याशी मैदान में रह गये हैं चालीस प्रत्याशियों के पर्चे जांच में सही नहीं पाये गये

सबसे ज्यादा ग्यारह पर्चे कानपुर की गोविन्दनगर सीट पर निरस्त किये गये कल पर्च वापस लेने का आखिरी दिन है मतदान इक्कीस अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती चौबीस अक्टूबर को की जायेगी